इस अवसर पर उन्होंने कहा कि औषधि परीक्षण लैब से आयूर्वेदिक औषधियों के अनुसंधान में तेजी आयेगी इसका फायदा जन जन को मिलेगा और आयूर्वेद का प्रचार प्रसार भी बढ़ेगा उन्हॉने कहा कि आय्र्वेद फॉर्मेसी में विविध दवाओं के प्रकार जैसे चूर्ण गूटी टैबलेट तेल घृत आदि बनाने की व्यवस्था है साथ ही कच्ची औषधिया और उनसे बनने वाले उत्पाद की गणवत्ता की जांच के लिये अत्याधनिक प्रयोगशाला भी है उन्होंने बताया कि संस्थान में राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजना चल रही है

उन्होंने कहा कि सरकार पूरे देश में इसकी तेजी से आपूर्ति करने के प्रयास कर रही है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत के औषधि महानियंत्रक ने इसे आपात इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है दो वैक्सीन्स ऐसी हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं जिनके बारे में सारे देश ने जो घोषणा है उसको सुना है कि दो हमारी वैक्सीन्स जो है उनको इमरजेंसी यूज ऑयराइजेशन मिल गया है और उन वैक्सीन्स को देश की समाज की समाज की समाज के लोगों की कोविड से सुरक्षा के लिए इन वैक्सीन्स का इस्तेमाल करने की स्टेज के अंदर हम सब लोग आज आकर खड़े हो गए हैं और कूछ ही समय बाद हम लोग यह सारी प्रक्रिया को शुरू करेंगे

इससे पहले पांच जनवरी को कोविड टीके का सफल अभ्यास किया गया था हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतिम पूर्वाभ्यास में टीकाकरण अभियान के बारे में राज्य सरकार की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा

उन्होंने कहा कि पहले चरण में वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समी अधिकारियों से कोविड टीकाकरण को लेकर समी तैयारियों को समयबद्व तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि पहले चरण के ड्राई रन के टारगेट ग्रूप का डाटा तैयार कर लिया गया है और अब दूसरे चरण के टारगेट ग्रुप का डाटा प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक ही किया जाएगा सुशीलचंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ देश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने वालों की संख्या एक करोड से अधिक हो गई है अब तक एक करोड सोलह हजार लोग ठीक हो चुके हैं प्रति दिन संक्रमण ग्रस्त होने वालों की संख्या भी लगातार कम होकर पच्चीस हजार से नीचे बनी हुई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान केवल वीस हजार तीन सौ छियालिस मामले सामने आए हैं इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या लगभग दो लाख अट्गईस हजार है इनमें से लगभग साठ प्रतिशत रोगी घर पर आइसोलेशन में हैं संक्रमण मुक्त होने वालों की दर लगातार बढते हए छियानबे दशमलव तीन छह प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान उन्नीस हजार पांच सो सत्तासी लोग ठीक हए हैं राष्ट्रव्यार्पी बनियादी सुविचाओं राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों में नियमों का सख्ती से पालन और डॉक्टरों अर्धचिकित्सा बलों तथा कोरोना योद्वाओं के समर्पित प्रयासों से संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है देश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान नौ लाख सैंतीस हजार से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई इसके साथ ही जांच किए गए नमूनों की कुल संख्या लगभग सत्रह करोड़ चौरासी लाख हो गई है राज्य में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और अब यहां कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या ग्यारह हजार नौ सौ उन्तालिस रह गई है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ ने बताया कि पिछली ग्यारह जुलाई के बाद छह माह के अंतराल में राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर बारह हजार के नीचे पहंची है उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में पांच लाख उन्हत्तर हजार नौ सौ उन्सठ कोरोना संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं और कोरोना से ठीक होने की दर छियान्नबे दशमलव पांच पांच प्रतिशत है औरैया जिले के भाग्यनगर ब्लॉक के कृषि विज्ञान केन्द्र परवाहा में आज किसान कल्याण मिशन के तहत प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने कृषि मेला और प्रदर्शनी का उदघाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कृषि सुधार कानून से कृषि के क्षेत्र में विकास के नये अवसर पैदा होंगे उन्होंने कहा कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि न तो मंडी बन्द होगी और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था समाप्त होगी